प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश के अट्ठारह स्थानों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से लोगों को संबोधित करते हुए इस अभियान की करेंगे शुरूआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा भारत पूरा विश्व एक परिवार की अवधारणा में विश्वास करने वाला है देश

आज से देशव्यापी स्वच्छता ही सेवा अभियान शुरू हो रहा है प्रघानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश के अट्ठारह स्थानों से वीडियो कफ्रेंसिंग के माध्यम से लोगों को संबोधित करते हुए इस अभियान की शुरूआत करेंगे प्रवानमंत्री ने एक वीडियो संदेश में इस अभियान को बापू को श्रद्दांजलि अर्पित करने का सबसे बड़ा मार्ग बताते हुए लोगों का आह्वान किया कि वे इस अभियान का हिस्सा बनें

हम सबके पास पूज्य बापू को सच्ची श्रद्दांजलि देने का ये सबसे बड़ा अक्सर है बच्चों से लेकर के बूजूर्गों तक कश्मीर से लेकर के कन्याक्मारी और कच्छ से लेकर के कोहिमा तक करोड़ों की संख्या में हम सब स्वच्छता के इस अभियान के सहभागी बनें स्वच्छता ही सेवा अभियान की पूर्व संध्या पर आकाशवाणी के साथ एक विशेष भेंटवार्ता में पेयजल और स्वच्छता सचिव परमेश्वरन अय्यर ने बताया कि जल और स्वच्छता के बीच तालमेल बनाने के वास्ते कई कदम उठाए गए हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत कसुचैव कुटुंबकम यानि पूरा विश्व एक परिवार में विश्वास करने वाला देश है और दाउदी बोहरा समुदाय इसकी वास्तविक मिसाल है श्री मोदी कल इंदौर में हज़रत इमाम हुसैन की शहादत की याद में दाउदी बोहरा समुदाय द्वारा आयोजित अश्रा ए मुंबारका कार्यक्रम में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि भारतीय समाज और इसकी विरासत दुनिया में सबसे अलग पहचान रखता है पूरे विश्व को एक परिवार मानने वाले वसुधैव कुट्बकम हम वो लोग जो सबको साथ लेकर चलने की परंगरा को जी करके दिखाने वाले लोग हमारे समाज की हमारे विरासत की यही राक्ति है जो हमें दुनिया के दूसरे देशों से अलग पहचान पैदा करती है श्री मोदी ने बोहरा समुदाय के देश के प्रति योगदान को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीयों को अपने अतीत पर गर्व है वर्तमान में विश्वास है और उज्ज्वल भविष्य के लिए आत्मविश्वास है हमें अपने अतीत पर गर्व है वर्तमान पर विश्वास है और उज्ज्वल भविष्य का आत्मविश्वास के साथ संकल्प भी है शांति सद्भाव सत्याग्रह और राष्ट्रभक्ति के प्रति बोहरा समाज की भूमिका हमेशा हमेशा महत्वपूर्ण रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन का जीवन अनुकरणीय है शांति और न्याय के लिए किया गया उनका संघर्ष सदैव याद रखा जायेगा आयुष्मान भारत और स्वच्छ भारत अभियान जैसी सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष्मान योजना देश के पचास करोड़ ग़रीब लोगों के लिए वरदान है

उन्नीस सौ उन्वास में कल के ही दिन संक्विन सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को देश की राजमाषा के रूप में स्वीकार किया था दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने विभिन्न विमागों मंत्रालयों और कार्यालयों के प्रमुखों को हिंदी को बढ़ावा देने में उत्कृष्ट योगदान के लिए राजमाषा कीर्ति और राजमाषा गौरव पुरस्कार प्रदान किए समारोह में श्री वैंकेया नायडु ने कहा हिन्दी के बगैर हिन्दुस्तान को आगे बढ़ाना संभव नहीं समारोह की अध्यक्षता करते हुए गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हिन्दी देश को जोड़ती है प्रसार भारती के अध्यक्ष ए सूर्यप्रकाश ने कहा है कि हिंदी को अंग्रेजी माषा से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है वे कल भारतीय जन संचार संस्थान आई आई एम सी नई दिल्ली में हिंदी पखवाड़ा कार्यक्रम में बोल रहे थे हिन्दी दिवस के अवसर पर प्रदेश के विभिन्न सरकारी कार्यालयों शैक्षिक और सांस्कृतिक संस्थाओं में संगोष्ठियों निबंध और आलेखन प्रतियोगिताओं तथा कवि गोष्ठियों का आयोजन किया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिन्दी दिवस के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि यह ऐसा अवसर है जो हमें अपनी संस्कृति के प्रति गौरव का बोघ कराता है प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा है कि भाजपा की केन्द्र और राज्य सरकार ग़रीबों और किसानों की खुशहाली के लिए निरन्तर काम कर रही है वह कल लखनऊ में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे श्री शर्मा ने भीम आर्मी चीफ चन्द्रशेखर रावण की रिहाई के बारे में पूछे गये एक सवाल के जवाब में कहा कि सरकार संवेदनशील है तथा उसने चन्द्रशेखर की माँ के प्रतिवेदन पर यह फैसला किया है विपक्षी दलों की आलोचना का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है जो लोग भारतीय जनता पार्टी की आलोचना कर रहे हैं उन्हें पार्टी के कार्यो को भी देखना चाहिए श्री शर्मा ने कहा कि भाजपा का उद्देश्य भारत को विश्व गुरू के रूप में स्थापित करना है और इस दिशा में वह प्रयासरत है उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि दहेज उत्पीड़न का मामला पंजीकृत होने के फौरन बाद पीड़ित महिला के पति और ससुरालियों की गिरफ्तारी की जा सकेगी मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति डीवाई चन्द्रवूड़ की खंडपीठ ने शीर्ष अदालत द्वारा पूर्व में दिये गये फैसले में संशोधन करते हुए परिजनों को मिलने वाली कानूनी सुख्का खत्म कर दी है न्यायालय ने कहा है कि पीड़ित की सुरक्षा के लिए ऐसा करना ज़रूरी है हालांकि अदालत ने आरोपियों के लिये अंग्रिम ज़मानत का विकल्प खुला रखा है पिछली सत्ताईस ज़ुलाई को न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित की खंडपीठ ने दहेज उत्पीड़न निरोधक कानून के दुरूपयोग की शिकायतों को देखते हुए ऐसे मामलों में पति या ससुराल वालों की तत्काल गिरफ़्तारी पर रोक लगा दी थी थोक मूल्यों पर आधारित अगस्त की महंगाई दर चार महीने के न्यूनतम स्तर चार दशमलव पांच तीन प्रतिशत हो गई है खाद्य वस्तुओं विशेषकर सब्जी की कीमत में कमी के कारण ऐसा हुआ है सरकारी आकड़ों के अनुसार अगस्त में खाद्य वस्तुए सस्ती हुई इस दौरान दालें भी सस्ती हुई केन्द्र ने उत्तर प्रदेश के लिए एक अरब सत्तावन करोड़ तेईस लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता को मंजूरी दी है यह सहायता राशि वर्ष दो हजार सत्रह अट्ठारह के दौरान रबी मौसम में सूखे से प्रमावित रहे उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से दी जाएगी सबके लिए घर और हर गरीब का अपना हो घर का सपना पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की महत्वाकांक्षी प्रघानमंत्री आवास योजना का लाम प्रदेश के लाखों लोगों को मिला है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत उत्तर प्रदेश ने पिछले एक साल में आठ लाख आवासों का निर्माण कराकर देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया और साथ ही लाखों लोगों की जिन्दगी भी बदल दी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश के उन गरीबों और वंचित तबके के लोगों का अपने आशियाने का सपना साकार हुआ है जो बरसों से कच्चे घरों में रह रहे थे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश में अब तक दस हजार करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि खर्च की गई है जिसे सीघे लामार्थियों के खाते में पहुंचाया गया है न्यायमूर्ति रंजन गोगोई देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे वह आगामी तीन अक्टूबर को पद की शपथ लेंगे और अगले साल सत्रह नवम्बर तक इस पद पर रहेंगे वह मौजूदा मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की जगह लेंगे जो दो अक्टूबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं